कोविड निर्देश केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अनलॉक की मौजूदा प्रक्रिया में किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाएं केन्द्रीय गृह सचिव ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया है इसमें लिखा है कि प्रदेश के भीतर और बाहर आने जाने वाले लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर परमिट की व्यवस्था अगर की गई है तो यह जारी नहीं रहेगी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

इस महामारी से मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है वर्तमान में यह एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है

आरोग्य सेतु ऐप आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसएपीआई सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे

संरक्षण पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार चामुर्थी घोड़ों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों में सफल रही है चामुर्थी नस्ल के घोड़े प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों मुख्य रूप से स्पीति घाटी में सिंध् घाटी सभ्यता के समय से पाए जाते हैं

इन घोड़ों का उपयोग तिब्बत लद्दाख और स्पीति के लोगों के द्वारा युद्ध व सामान ढोने के लिए किया जाता रहा है